श्री विज ने कहा कि राज्य के लोगों की स्विधा के लिए यह केंद्र पीजीआई रोहतक कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज करनाल तथा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में स्थापित होंगे

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन कॉविड देखभाल केन्द्रों में केवल कोरोना के मरीजों का उपचार किया जाएगा जहां उनके लिए सभी प्रकार की दवाइयां चिकित्सा उपकरण उत्कृष्ट चिकित्सक तथा अन्य स्विधाओं की समुचित व्यवस्था होगी

उन्होंने कहा कि जब तक कोविड की दवाई नहीं बनती है तब तक हमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी है उन्होंने सभी को अब तक सरकार के निर्देशों की अनुपालना करते हए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अनवरत रूप से कार्य करने की अपील की

इस दौरान देशभर में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा कई सामाजिक कार्यक्रम किये जा रहे है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के गौतम ब्द्व नगर जिले के गांव छपरौली से इस अभियान की श्रूआत की इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीवन देश के लोगों की सेवा के लिए समर्पित है

उप राष्ट्रपति एम वेकैंया नायड् ने सभी भाषाओं को बराबर सम्मान देने का आहवान किया है और ज़ोर देकर कहा है कि किसी भी भाषा की जबरदस्ती लागू या उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए आज हिन्दी दिवस के अवसर पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हये उप राष्ट्रपति ने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं का अमीर इतिहास है और लोगों को हमारी भाषा की विविधता और सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए

आज हिन्दी दिवस पर हरियाण के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने और हिन्दी को सम्मान देने का संकल्प की अपील की है आज हिन्दी दिवस के मौके पर जारी संदेश मे लोगों को श्भकामनायें देते हये म्ख्यमंत्री ने कहा कि हिन्दी भाषा भावों की अभिव्यक्ति का ही साधन नहीं है बल्कि देश को एकज्ट रखने मे भी अहम भमिका निभाती है उप म्ख्यमंत्री द्व्यंत चौटाला ने भी टवीट कर हिन्दी दिवस की शुभकामायें दी है हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने भी हिन्दी भाषा पर बोलते हुये कहा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को एक सूत्र मे पिरोये रखने में हिन्दी महत्वपूर्ण भमिका है और यह सामाजिक परम्पराओं की संवाहक भी है उन्होंने कहा कि प्राचीन सभ्यता और आध्निक प्रगति की बीच हिन्दी एक सेत् का काम कर रही है सिरसा से विधायक व पूर्व राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने देशवासियों को हिन्दी दिवस पर श्भ् कामनायें देते हये इसे राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक बताया और कहा कि हिन्दी में सहजता से अपनी बात समझाई जा सकती है आज हिन्दी दिवस पर सिरसा के चौधरी देवी लाल विश्वविदयालय में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया समारोह में विभाग के अध्यक्ष प्रो उमेद सिंह ने उपस्थित जनों को सम्बोधित करते हये कहा कि राष्ट्र की समृद्धि की ओर अग्रसर करके हिन्दी भाषा के विकास को स्निश्चित किया जा सकता है उन्होंने कहा कि हिन्दी के क्षेत्र मे रोज़गार के अवसर पैदा करके इसके मूल स्वरूप को कायम रखा जा सकता है उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के क्लपति प्रो राजबीर सिंह सोलंकी के दिशा निर्देशों पर हिन्दी पंजाबी और अन्य भाषाओं की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने का उद्देश्य से जानिये अपनी भाषा नामक कार्यक्रम चलाया जायेगा इसके तहत भाषा के माहिरों द्वारा लेक्चर की कड़ी का आयोजन किया जायेगा इस अवसर पर हिन्दी विभाग के प्रभारी डा अमित सांगवान ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हिन्दी भाषा को बढ़ावा मिलेगा

एसडीएम कार्यालय को सील कर दिया गया है डा स्रेन्द्र नैन ने आज दो कोविड मरीज़ों की मृत्य होने की जानकारी भी दी है

जिले में दो कोविड मरीज़ों की मृत्यु भी हुई है